इसमें भोपाल इन्दौर ग्वालियर छिंदवाड़ा छतरपुर और जबलपुर शामिल है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को शहर में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे वे किसी भी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर जीवन जी सकें

इसके अलावा मंत्रि परिषद ने आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में लगभग दो गुनी वृद्धि करने का निर्णय लिया

मोटर व्हीकल एक्ट परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का एक बार फिर विरोध किया है उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत नियमों का पालन नहीं करने पर जो जुर्माना वसुला जा रहा है उसका बोझ आम आदमी नहीं उठा सकता है परिवहन मंत्री के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से जुर्माने की राशि पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है हालांकि नए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में फिलहाल लागू नहीं किया गया है मुख्यमंत्री ने इस पर विचार के लिए पहले ही कमेटी का गठन किया है

इसमें ग्रामीणों के लिये रोजगार के अवसर भी खोजे जायेंगे श्री बघेल ने भोपाल में आयोजित एक्सपीरियन्स शेयरिंग बाय लीडर्स ऑफ कम्युनिटी होम स्टे इन इण्डिया कार्यशाला में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सर्वप्रथम प्रमुख पर्यटन स्थलों से जुड़े गावों की पहचान करेगी इसमें ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के पास वाले गाँवों को जोड़ा जायेगा

श्री व्यास ने कल जबलपुर में शक्ति भवन में बिजली अभियंताओं की बैठक में बिजली प्रदाय की समीक्षा के बाद यह बात कही

मिनी और टू प्वाइंट रेक पर लदाई में पांच प्रतिशत अनुपूरक शुल्क भी हटा दिया गया है इससे छोटे आकार वाले सामान और सीमेंट स्टील खाद्यान्न तथा उर्वरकों की लदाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है

आशा है कि इससे रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों की मूल्य प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यातायात के नए क्षेत्रों को शामिल कर माल दुलाई माध्यमों के विस्तार में मदद मिलेगी माल दुलाई को बढ़ावा देने के लिए वाहन क्षेत्र के लिए दी जाने वाली रेक की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है

वहीं जबलपुर से डिण्डोरी और सिवनी मार्ग भी कई घंटे बंद रहा

यहां भारी बारिश को देखते हुए आज सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है शाजापुर जिले में भी स्कूल बंद रहेंगे उमरिया जिले में भी रूक रूक कर बारिश हो रही है जिला प्रशासन ने लोगों से बड़े हए जलस्तर वाले नदी नालों को पार न करने की अपील की है खरगोन खंडवा सागर नीमच डिण्डोरी भोपाल गुना अशोकनगर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है

प्रदेश भर में भगवान गणेश की मूर्तियों को चल समारोह निकाल कर नदियों और सरोवरों में विसर्जित किया गया यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा भोपाल में नगरनिगम द्वारा गणेश विसर्जन के लिए कई अस्थायी कुंड बनाये गये थे उधर होशंगाबाद में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाले गोबर से बने गणेश के विसर्जन के बाद खाद को खेतों में डाला जायेगा उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि झमाझम बारिश के बीच लोगों ने उत्साह के साथ भगवान गणेश को विदा किया इस दौरान जिले में हई एक द्र्घटना में विसर्जन के दौरान तीन युवक उमरार नदी में बह गये जिनमें से दो को बचा लिया गया वहीं एक युवक अभी भी लापता है खंडवा खरगोन राजगढ़ शहडोल सीहोर नरसिंहपुरअलीराजपुर भिंड मुरैना और ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों में भी अनंत चतुर्दशी पर कल गजानन का विसर्जन किया गया

नदी तालाब कुओं और बावड़ियों को प्रदूषित होने से बचाने के मकसद से इन्हें एक ही जगह जवाहर टेकरी की बंद पड़ी खदानों में पूजा अर्चना के बाद वैज्ञानिक पद्धति से विसर्जित किया जाएगा प्रकाश पर्व पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू हुई सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव जी की शोभायात्रा कल इंदौर पहुची

इसमें सैकड़ों की तादाद में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए

डॉ अग्रवाल पूर्व में जौनपुर के वीबीएस पूर्वांचल विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे हैं